प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों का आहमवान किया है कि वो शनिवार से श्रू हो रहे स्वच्छता ही सेवा आंदोलन का हिस्सा बने और स्वच्छ भारत बनाने के प्रयासों को ओर मज़बूत करे कई टिवीटस और वीडियों संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सच्ची श्रद्वाजंलि होगी

श्रीमोदी ने स्वच्छ भारत की दिशा में काम करने वालों को नमम किया और शनिवार की स्बह सब लोग एक साथ स्वच्छता ही सेवा आंदोलन का श्भारंभ करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उन वर्गो के साथ बातचीत करने को तत्पर है जिन्होंने स्व्च्छ भारत मिशन को मजबूत करने के लिये ज़मीनी स्तर पर परिभ्रम के साथ काम किया उसके बाद स्वच्छता गतिविधियां शुरू होगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की कमेटी के भारतीय रेल के बड़ी लाइनों के रूट पर बचे विद्युतीकरण को पूरा करने की स्वीकृति दे दी है

मंत्री ने बताया कि पूरा विद्य्तीकरण हो जाने के बाद रेलवे के साढ़े तेरह हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि की बचत होगी जो इंधन पर खर्च होते थे और निर्माण के दौरान बीस करोड़ से अधिक दिहाड़ी उपलब्ध होने से सीधा रोज़गार भी मिलेगा वाय्सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने आज कहा कि फ्रांसीसी राफेल लड़ाक् जेट और रूसी एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने के सरकार के फैसले से भारतीय वाय्सेना की लड़ाई क्षमता मज़बूत होगी नई दिल्ली में एक सेमिनार को सम्बोधित करते हए श्री धनोआ ने कहा कि हर स्थिति से निपटने के लिये हमारी वायुसेना के पास पर्याप्त क्षमता होना जरूरी है उन्होंने कहा कि विश्व का कोई भी देश इस तरह के खतरे का सामना नहीं कर सकता है जैसा भारत को पड़ रहा है वाय् सेना अध्यक्ष ने कहा कि राफेल और ए फोर हंडरड उपलब्ध कराके सरकार भारतीय वायुसेना को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है ताकि उसकी प्रतिरक्षा क्षमता बनी रहे

आज ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम ने शहर के अलग अलग कालोनियों में अवैध रूप ये चल रहे आधा दर्जन से अधिक आर ओ संयंत्रो को सील कर दिया निगम अधिकारी ओम वीर सिंह ने मीडिया को बताया कि आगे की ये कार्रवाई जारी रहेगी उन्होंने कहा कि आर ओ प्लांट निगम क्षेत्र के अंतर्गत अहीरवाड़ा न्यू अहीरबाड़ा और भूड़ कालोनियों में अवैध रूप से बोरिंग करके निमयों के विरूदव चलाये जा रहे थे ये लोग प्लास्टिक की बीस लीटर की बोतलों में पानी भर कर बेचते थे जिसका अधिकार उनके पास नहीं है इस अवैध बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है हरियाणा के वित्त एवं योजना विभाग के प्रधानसचिव श्री टी वी एस एन प्रसाद को श्री राघवेन्द्र राव की जगह सर्च कमेटी का सदस्य बनाया गया है श्री राव का दिल्ली तबादला हो गया है एक सरकारी प्रवक्ता यह जानकारी देते हए बताया कि राज्य सरकार के सर्च कमेटी और सेचयेटरी कमेटी का गठन राज्य सूचना आय्क्तों के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने के लिये किया है

बीएसएनएल हरियाणा सर्कल के म्ख्य महाप्रबंधक उमा शंकर पांडे ने आज अपना कार्यभार संभालने के बाद अम्बाला में एक पत्रकार वार्ता ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजीटल इंडिया विज़न को पूरा करने के लिए पहले चरण में प्रदेश के छ हजार एक सौ बारह गांवों को इस नेटवर्क के साथ जोड़ा जा रहा है जबकि दूसरे चरण में अद्वावन गांवों को ओपटिकल नेटवर्क से जोड़ा जायेगा उन्होंने बताया कि यह कार्य पूरा हाने पर ग्रामीण लोग इंटरनेट सेवाओं का प्रा लाभ ले सकेंग श्री पांडे ने कहा कि इस कार्य को सुचारू ढंग से संपन्न करने के लिए बीएसएनएल की टीमें कार्य कर रही है उनका लक्ष्य हरियाणा सर्कल को राज्स्व में ओर इजाफा कर प्रथम स्थान पर लाने का है

कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला के खिलाफ चंडीगढ़ प्लिस में शिकायत दर्ज करवाई है चंडीगढ़ के सेक्टर तीन स्थित प्लिस स्टेश्न में दी गई शिकायत में पलवल से विधायक करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि कल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू और विपक्ष के नेता अभय चौटाला द्वारा उन्हें विधानसभा से निलंवित किये जाने का प्रस्ताव लाने पर उनके ओर अभय चौटाला के खिलाफ सदन में गरमा गरमी हई श्री दलाल ने कहा कि अभय चौटाला ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी उन्होंने कहा है कि उन्होंने अध्यक्ष को बताया कि अभय चौटाला इसलिये उनके खिलाफ बोल रहे है क्यंकि वे उनके पिता ओम प्रकाश चोटाला भाई श्री अजय चोटाला और ख्द अभय सिंह के खिलाफ के मामों में गवाह है अपनी शिकायत में करण दलाल ने कहा कि सदन स्थगित होने पर जव वे बाहर आये तो अभय चोटाला ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने का धमकी दी श्रीदलाल ने आरोप लगाया कि अभय चोटाला को राज्य सरकार का समर्थन हासिल है शिकायत के अंत में पूलिस को अपने और अपने परिवार की जान खतरा बताते हए अभय चोटाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है अम्बाला प्लिस ने अम्बाला शहर निवासी हरजीत कौर पंजाब के होशियारप्र जिले के कैंडा द्रसवा निवासी नरोतम प्री जांलधर के भाग मैट्रनिटी होम व अन्य के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है

इस दौरान जांलधर प्लिस से भी सम्पर्क किया गया और मौके पर हरजीत कौर व अन्य को गिरफ्तार किया गया अल्ट्रासाउंड केनद्र को सील कर दिया गया है प्लिस ने महिला से क्छ रूपये भी बरामद किये है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवरने आज फरीदाबाद में सरकार पर आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर फरीदाबाद की जनता से धोखा किया गया है उन्होंने कहा िक स्वच्छ भारत अभियान को लेकर फरीदाबाद में सरकार के दावे फेल रहे है वे अपनी हरियाणा बचाओं परिवर्तन लाओ साइकिल यात्रा के पांचवे चरण मे सूरजकृंड के समीप कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे

तवंर ने कहा कि पानीपत में तीस सितम्बर को राफेल मुद्दे पर रैली की जायेगी हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल कल पंचकूला में प्लिस अन्संधान और विकास ब्यूरो नई दिल्ली के सहयोग से हरियाणा प्लिस हाउसिंग कारपोरेशन दवारा आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय प्लिस आवास कारपोरेशन का उदघाटन करेंगे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री ए के ढूल ने आज यह जानकारी देते हए बताया कि देश भर से राज्य प्लिस हाउसिंग कारपोरेशन के प्रम्ख तकनीकी और अन्य विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग लेंगे